पाले कीवजह से चना मसूर मटर अरहर और उदयानिकी फसलों को मुख्य रूप से नुकसान पहुँचा है कुछ क्षेत्रों में गेहूँ की फसलें भी प्रभावित हुई हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सरकार पाले से प्रभावित किसानों के साथ है और उनकी हरसंभव मदद की जायेगी वहीं कृषि कल्याण मंत्री सचिन यादव ने अधिकारियों को पाले से प्रभावित हुई फसलों की सर्वे रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि सर्वे रिपोर्ट के बाद उन्हें जल्द ही मुआवजा राशि वितरित की जायेगी उधर राज्य के नीमच बुरहानपुर विदिशा धार देवास और इंदौर कलेक्टर द्वारा उनके जिलों में फसलों को पहुँचे नुकसान के सर्वे का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिये गये है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सरकारी विभागों और अधिकारियों के कार्यो का मूल्यांकन जनता द्वारा किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कल छिंदवाड़ा संभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित हए कहा कि अब विधायक भी जनसुनवाई में शामिल होंगे और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए किये जा रहे प्रयासों पर निगाह रखेंगे श्री नाथ ने कहा कि योजना और सरकार के निर्णय के मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाये और योजना का वास्तविक लाभ आम जनता को मिले उन्होंने कहा कि नीतियाँ और योजनाएँ गरीबों के विकास को ध्यान में रखकर तैयार की जायें मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नियम नीति बदलने से ज्यादा फायदा नहीं होता सोच और विचारों को बदलने और उन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता है मोहंती भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधिरंजन मोहंती आज अपना कार्यभार संभालेंगे वे निवृत्तमान मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह का स्थान लेंगे

वे बालाघाट सतना और इन्दौर के कलेक्टर के साथ ही मार्फेड के प्रबंध संचालक और आयुक्त जनसंपर्क भी रहे हैं श्री मोहंती ने आयुक्त महिला बाल विकास लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य योजना आयोग और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया है राज्य निर्वाचन आयुक्त निवृत्तमान मुख्यसचिव बसंत प्रताप सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है

इस संबंध के आदेश जारी कर दिए गए हैं श्री सिंह कल राज्य के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं

नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग एक लाख लाभार्थियों को लाभ मिला है

आरबीआई दास देश के बैंकिंग क्षेत्र में ड्बे ऋण में कमी आई है इससे इस क्षेत्र को मजबूती मिली है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल मुम्बई में बैंक की वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा कि संकट के लम्बे दौर के बाद डूबे ऋण में कमी से बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती आ रही है उन्होंने कहा कि कमजोर सरकारी बैंको में पूजी लगाए जाने की जरूरत है रिपोर्ट के अनुसार कुल डूबा ऋण अनुपात पिछले वर्ष सितम्बर में दस दशमलव आठ प्रतिशत पर आ गया जबकि मार्च में यह साढ़े ग्यारह प्रतिशत था रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि ड्रबे ऋण का स्तर अभी भी अधिक है लेकिन किए गए उपायों से भविष्य में इसमें और कमी आने का अनुमान है

देर रात तक बाजारों में चहल पहल बनी रही वहीं प्रदेश में भी राजधानी भोपाल इन्दौर ग्वालियर जबलपुर सहित अन्य स्थानों पर लोगों ने उमंग के साथ नये वर्ष का स्वागत किया इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी है राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की श्भकामनाएं दी है राजपूत कार्यभार प्रदेश के नवनियुक्त राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जायेगा और प्रत्येक हल्के में एक पटवारी पदस्थ होगा उन्होंने राज्सव प्रकरणों के निपटारे के लिए फरवरी में लोक अदालते लगाने के निर्देश भी दिये श्री सिंह कल मंत्रालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद दोनों विभाग के अधिकारियों से चर्चा भी की उन्होंने कहा कि राजस्व आमजन से जुड़ा विभाग है इसलिए ऐसी कार्य योजना बनाई जायेगी जो वचन पत्र के वायदों को पूरा कर सके मौसम प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है

वहीं अशोकनगर और खरगोन में ठंड की वजह से दो लोगों की मौत हो गयी है

यहां पारा दो डिग्री सेल्सियस रहा मौसम केंद्र भोपाल ने सतना रीवा पन्ना छतरपुर दमोह ग्वालियर शहडोल मुरैना उमरिया मण्डला जबलपुर बैतूल होशंगाबाद बालाघाट डिण्डौरी टीकमगढ़ जिले में शीतलहर के साथ साथ पाला पड़ने की आसार जताये हैं

वे महाकाल की पूजा के बाद दोपहर को भोपाल आयेंगे

गीत संगीत और आदिवासी नृत्यों के बीच बड़ी संख्या मे पर्यटकों ने नववर्ष का स्वागत किया

इसके वितरण में अब और तेजी आई है